आज अठासी नये मामलों की प्रष्टि

और सुपर साईक्लोन अम्फन पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराया

देश में घरेलू विमान सेवाएं पच्चीस मई से सीमित तौर पर शुरू हो जायेंगी नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी श्री पुरी ने उड़ान सेवाओं की बहाली को लेकर सभी एयरपोर्ट और विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को तैयार रहने को कहा है बिहार में कोविड उन्नीस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर दस हो गयी है बेगूसराय सदर अस्पताल में तीन दिन पहले खगड़िया के पचास वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई थी जांच में मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है मृतक दिल्ली से लौटा था इधर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के अठासी नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ सात हो गयी है महामारी से ग्रसित कुल पांच सौ इकहत्तर लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाईस मार्च से अब तक तिरेपन हजार से अधिक सैंपल की जांच की गयी है प्रदेश में चौदह स्थानों पर जांच की सुविधा उपलब्ध है इधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आठ दिनों में दोगुनी हो रही है एक सौ अड़सठ संक्रमण के साथ पटना जिला शीर्ष पर है वहीं मुंगेर जिले में एक सौ तैंतीस और रोहतास में इक्यानवे लोग महामारी से ग्रसित हुए हैं वहीं देश में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख छह हजार सात सौ पचास हो गई है इस महामारी से अब तक तीन हजार तीन सौ तीन लोगों की मौत हुई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ चालीस लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर उनतालीस दशमलव छह दो प्रतिशत है अब तक बयालीस हजार दो सौ अट्ठानवे रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं

महामारी के वर्तमान हालात में दंत चिकित्सक उनके सहायक और दांतों का इलाज करा रहे मरीजों में संक्रमण का भारी खतरा हो सकता है दांतों के इलाज की प्रक्रिया में मरीज की लार खून और श्वास संबंधी स्राव के काफी नजदीक से सम्पर्क में आना अपेक्षित होता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बहुत से मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वे भी कोरोना के वाहक हो सकते हैं इसलिए यह सलाह दी गई है कि दांतों का इलाज करा रहे लोगों के प्रति खास सावधानी बरती जाए

हालांकि वे मरीजों को डेली परामर्श प्रदान करना जारी रख सकते हैं इस जोन के मरीज एंबुलेंस के जरिए पास के कोविड दंत चिकित्सा केन्द्र पर जा सकते हैं रेड जोन में आपातकालीन दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा सकता है ऑरेज और ग्रीन जोन में दंत चिकित्सा क्लीनिक परामर्श प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे मंत्रालय ने कहा है कि केवल आपातकालीन और जरूरी परिस्थिति में ही ऑपरेशन किए जाएंगे और ओरल कैविटी की जांच से जुड़े उच्च जोखिम के कारण राष्ट्रीय कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत मौखिक कैंसर स्क्रीनिंग को नए दिशा निर्देश जारी होने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए

केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आठ करोड़ प्रवासी कामगारों को अगले दो महीनों तक मुफ्त राशन आपूर्ति की मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी बिहार में तीन मई से अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग सात लाख प्रवासी कामगार देश के विभिन्न राज्यों से अपने गृह जिलों तक लाये गये हैं रेलवे ने इस दौरान चार सौ नवासी रेलगाड़ियों का परिचालन किया है इधर आज छियासठ विशेष ट्रेन से एक लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं कल सत्तर विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जायेगा इन गाड़ियों से एक लाख चौदह हजार से अधिक लोगों के बिहार पहुंचने की संभावना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी लोग प्रदेश में आना चाहते हैं उन्हें लाने के लिये सरकार व्यवस्था करेगी रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे अगले महीने की पहली तारीख से हर रोज दो सौ गैर वातानुकुलित रेलगाड़ियां चलाएगा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त होंगी और भारतीय रेल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके रेलमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करके उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें रेलवे के कार्यकारी निदेशक राजेश बाजपेयी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में रेलवे एक सौ अस्सी रेलगाड़ियां प्रतिदिन चला रहा है

हमारा प्रयास है कि हम ये तीन सौ रेलगाड़ी प्रतिदिन तक चलाएं जिससे कि जो श्रमिक हमारे फंसे हुए हैं कहीं पर उनको उनके गृह राज्यों तक ले जाया जा सके राज्य सरकार ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए पंचायत और ग्राम स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है राज्य में वापस आने वाले श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला किया गया है अब तक छह लाख चालीस हजार से अधिक श्रमिकों को प्रखंड स्तर पर बनाये गए आठ हजार छह सौ से अधिक क्वारेंटीन केंद्रों में रखा गया है दिल्ली मुंबई पुणे सूरत अहमदाबाद और कोलकाता से आने वाले श्रमिकों को इन क्वारेंटीन केंद्रों में चौदह दिनों के लिए रखा जाएगा गुजरात तमिलनाडु हरियाणा और उत्तर प्रदेश से वापस आने वाले लोगों को पंचायत स्तर पर बनाये जा रहे क्वारेंटीन केंद्रों में रखा जाएगा बाकी राज्यों से आने वाले लोगों को ग्राम स्तर पर बनाये गए क्वारेंटीन केंद्रों में रखा जाएगा प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में चौबीस मार्च से अब तक दो हजार दो सौ सतहत्तर लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं उल्लंघन के मामले में सत्रह करोड़ बासठ लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है जबकि पचहत्तर हजार चार सौ संतावन वाहनों की जब्ती की गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है उन्हें पर्यटन विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है वहीं उदय सिंह कुमावत स्वास्थ्य विभाग के नये प्रधान सचिव बनाये गये हैं सूपर साइक्लोन अम्फन पश्चिम बंगाल के सूंदरवन तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद भारतीय हिस्से में प्रवेश कर गया है चक्रवात के प्रभाव से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रो में तेज बारिश हो रही है इधर बिहार में इस चक्रवात के प्रभाव से राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण नवादा बांका मधुबनी दरभंगा में तेज हवा के साथ बारिश हुई है पूर्णिया कटिहार जिले और आसपास के हिस्सों में तेज हवा चल रही है वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है वहीं राजधानी पटना लखीसराय कटिहार समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दिन में बादल छाये रहे मौसम विज्ञान केन्द्र पटना द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि अम्फन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी बिहार में पड़ेगा जिससे कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सीतामढ़ी मध्रबनी दरभंगा सुपौल और अररिया जिले में कई स्थानों पर एक से लेकर चार सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है

मंत्रालय ने सभी शिक्षा बोर्ड से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि परीक्षा का आयोजन अलग अलग तिथियों में कराया जाये केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि लॉकडाउन के बीच बसों के जरिये परीक्षार्थियों का आवागमन सुगम बनाया जाए यह स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र न बनाया जाए केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि परीक्षा के दौरान शिक्षक विद्यार्थी और अन्य कर्मचारी मास्क पहनें और सुरक्षित दूरी बनाये रखने का कड़ाई से पालन करें परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन का समुचित प्रावधान होना चाहिए आयूष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गयी है दो वर्ष से भी कम अवधि में यह उपलब्धि हासिल हुई है इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयूष्मान भारत से जूड़े चिकित्सकों नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ देखभाल कार्यक्रम बन गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज सुलभ होना है उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हुआ हो प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित एक करोड़ तीस लाख राशन कार्डधारक परिवारों को एक एक हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है वहीं आठ लाख चालीस हजार बिना राशन कार्ड वाले परिवारों के लिये भी डीबीटी के माध्यम से यह राशि प्रदान की गयी है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जिन लोगों के राशन कार्ड बनाने में आधार कार्ड के कारण दिक्कत हो रही है उनके लिये अभियान चलाकर प्रखंड स्तरीय आधार सेवा केन्द्रों पर नये आधार बनाये जायेंगे श्री कुमार ने बताया कि रेहड़ी पटरी और ठेले पर सामान बेचने वाले लोगों को केन्द्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ मिलेगा राज्य में ऐसे लोगों का सर्वे कराया जायेगा लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है खगड़िया और लखीसराय के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

उन्होंने लोगों से सामाजिक द्री के दिशा निर्देशों और एहतियाती उपायों का पालन करने का आग्रह किया

बहुत की कठिन परिस्थिति है न कि पूरे भारत में पूरे विश्व में लेकिन हम सब को मिलकर इस वायरस से लड़ना है हम उन तमाम लोगों को बहुत ही धन्यवाद करते हैं चारे वो हमारे हम फोर्स हों पुलिस फोर्स हों डॉक्टर हों हैल्थ वर्कर हों जितने लोग इस वायरस से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं हम सब लोग इस वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं

केन्द्र सरकार ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने तक कर्मचारियों के मासिक वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान बारह की जगह दस प्रतिशत लेने की अधिसूचना जारी की है

इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंशदान दर कम करने की घोषणा की थी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बारे में अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है मंत्रालय ने कहा कि अंशदान दर में कमी का उद्देश्य चार करोड़ तीस लाख कर्मचारियों और साढ़े छह लाख प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को संकट से तत्काल राहत देना है अंशदान दर में कमी से कर्मचारी को वेतन की अधिक राशि मिलेगी और नियोक्ता की देयता में भी दो प्रतिशत की कमी होगी मंत्रालय ने कहा कि अंशदान में कटौती की यह दर केन्द्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य उद्यमों या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देश भर में घरेलू विमान सेवाएं पच्चीस मई से बहाल होंगी

आज अठासी नये मामलों की पुष्टि

और सुपर साईक्लोन अम्फन पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराया